मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज सिरमौर ज़िला के राजगढ़ क्षेत्र के चुरूवाघार में राज्यस्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने पौधरोपण को जनआंदोलन बनाने का लोगों से आहवान किया ताकि प्रदेश के वन क्षेत्र में वृद्धि हो सके

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम केवल रस्म तक सीमित न रहे इसके लिए सरकार कई बिन्दुओं पर विचार कर रही है उन्होंने कहा कि अगर हर व्यक्ति एक पेड़ को अपना गोत्र मान ले तो निश्चित तौर पर नई शुरूआत हो सकती है जयराम ठाकुर ने बच्चों से पर्यावरण को लेकर अपने स्तर पर आगे आने का आहवान किया उन्होंने नाहन भाजपा मंडल अध्यक्ष दीनदयाल वर्मा द्वारा लिखित प्रस्तक से वन संरक्षण को लेकर एक कविता भी पढ़ी इस मौके विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सांसद वीरेन्द्र कश्यप और विधायक सुरेश कश्यप सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे इससे पहले मुख्यमंत्री ने सोलन के नौणी स्थित बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय में सावनी का सजावटी पेड़ लगाकर वन महोत्सव का शुभारंभ किया

बाद में मुख्यमंत्री ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के कोटला के बडोग में हिमाचल के पहले गौ वंश अभ्यारण का शिलान्यास किया और गिरी नदी पर यशवंत नगर में बने पुल और नईनेटी पंचायत के विभिन्न गांवों के लिए उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया जयराम ठाकुर इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जनसमस्याओं के निश्चित और त्वरित समाधान के उद्देश्य से शुरू किया गया जनमंच कार्यकम सहायक सिद्ध हो रहा है आज सोलन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यकम एक आम कार्यकम नहीं है और समी अधिकारियों व कर्मचारियों को इसके महत्व व उपयोगिता को समझना होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर अधिकारी या कर्मचारी की कोताही पाई गई तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी जयराम ठाकुर ने विपक्ष को आलोचना करने के बजाए सरकार को विकास के लिए रचनात्मक सहयोग देने की सलाह भी दी इस मौके उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी पूनम और स्मृति से भी भेंट की दोनों खिलाड़ियों ने जनमंच के माध्यम से हिमाचली प्रमाणपत्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया

नीति आयोग नीति आयोग ने हिमाचल और आंधप्रदेश की तर्ज पर शून्य लागत प्राकृतिक कृषि मॉडल को व्यवहारिक बनाने के लिए समी राज्यों से आग्रह किया है इसके लिए आयोग हर प्रकार की सहायता प्रदान करेगा नई दिल्ली में कल शाम शून्य लागत प्राकृतिक कृषि पर राष्टीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने ये जानकारी दी सम्मेलन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए

इससे कृषि की लागत में कमी आने से किसानों के मुनाफे में वृद्धि होगी

इस मौके राज्यपाल ने शून्य लागत प्राकृतिक खेती से संबंधित विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत किए और इसके महत्व पर प्रकाश डाला आचार्य देवव्रत ने किसान समुदाय के हित के लिए नीति निर्माताओं से इस मॉडल को अपनाने का आह्वान किया सम्मेलन में केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और पदमश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर ने भी विचार व्यक्त किए निगम बैठक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के निदेशक मंडल की एक बैठक आज शिमला में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहायक कम्पयूटर प्रोग्रामर के दो पद आउटसोर्स आधार पर नायलेट के माध्यम से भरने की मंजूरी दी गई

इसके अलावा निर्माण और सिविल कार्यों को राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से करवाने का भी निर्णय लिया गया सरवीण चौघरी कांगड़ा ज़िला के धनोटू स्थित वाहिनी प्रशिक्षण केन्द्र में गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा तृतीय प्रशिक्षण शिविर आज सम्पन्न हुआ समापन समारोह में बतौर मुख्यातिथि शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि कानून व्यवस्था और आपातकाल में गृह रक्षकों का सराहनीय योगदान है उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में गृह रक्षक मेहनत और सेवाभाव से कार्य करते रहेंगे सरवीण चौधरी ने उत्कृष्ट गृह रक्षक अधिकारियों व जवानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और प्रशिक्षण केन्द्र परिसर का निरीक्षण भी किया

आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रस्तावित योजना से पर्यटकों के लिए अधोसंरचना व मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने में मदद मिलेगी धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि भाजपा सरकारों ने हमेशा दलित और महिलाओं को सम्मान दिया है

धूमल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं जिनका लोगों को सीधा लाम मिल रहा है

डेंगु बिलासपुर ज़िले में फैले डेंगू रोग पर नियंत्रण और इसके फैलने के कारणों का पता लगाने के लिए दिल्ली व पुड्डुचेरी के चिकित्सकों के दल ने आज दूसरे दिन भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया दल ने गहनता से डेंगू के पनपने के संभावित स्थानों का निरीक्षण किया उपायुक्त विवेक भाटिया ने ये जानकारी देते हुए बताया कि दल के सदस्यों ने निजी अस्पतालों का दौरा कर यहां आने वाले मरीजों के बारे में जानकारी हासिल की उपायुक्त ने बताया कि नगर परिषद के पार्षदों ने भी आज विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर फॉगिंग व कीटनाशक स्प्रे के लिए लोगों को प्रेरित किया

इनमें से एक सौ एक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं उघर विघायक सुभाष ठाकुर ने भी आज डेंगू प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों को साफ सफाई और इस बीमारी के लक्षण पाए जाने पर तुरंत अस्पताल जाने की सलाह दी

हिमऊर्जा विकास अधिकरण के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत उपदान की राशि हिमऊर्जा के माध्यम से सीधी उपमोक्ता के खाते में जमा की जाएगी और इसकी अधिसूचना सरकार द्वारा जारी कर दी गई है प्रवक्ता ने बताया कि ये उपदान केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले उपदान के अतिरिक्त होगा बाल्दी प्रदेश की फिल्म नीति तैयार करने के संबंध में आज शिमला में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई उन्होंने कहा कि प्रदेश में समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर अध्यात्मिक मौसमी पर्यटन व अनछुए गंतव्य उपलब्ध हैं और फिल्म निर्माताओं को फिल्म निर्माण के प्रति आकर्षित करने के प्रयास किए जाएंगे श्रीकांत बाल्दी ने कहा कि क्षेत्रीय फिल्मों खासतौर पर हिमाचली भाषा पर आधारित फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाएगा सम्मान बैंकॉक से रजत पदक जीतकर लौटी धाविका सीमा को आज धर्मशाला में उपायुक्त संदीप कुमार ने सम्मानित किया सांईं हॉस्टल धर्मशाला की एथलिट सीमा मूलरूप से चंबा ज़िला का रेटा गांव की रहने वाली है

इस मौके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और खेल मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने फोन पर सीमा को बघाई देकर हौंसला बढ़ाया उन्होंने सरकार की तरफ से हरसंभव सहायता का आश्वासन भी दिया मौसम प्रदेश में मॉनसून के सकिय होने से कई क्षेत्रों में वर्षा हुई जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली है राजधानी शिमला सहित अधिकांश इलाकों में रातभर बारिश होती रही